प्रधानमंत्री ने अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कुल छः सौ चौदह करोड़ रुपये लागत की कई विकास परियोजनाओं की आघारशिला रखी और अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन किया इस अवसर पर फ्रवानमंत्री ने दिवाली पर स्थानीय उत्पादों की खरीद और उन्हें बढ़ावा देने का आह्वान किया उन्हॉने कहा कि जब सभी लोग स्थानीय उत्पादों और उनकी गुणवत्ता की तारीफ करने लगेंगे तो इसका असर औरों पर भी पड़ेगा तथा इन वस्तुओं को बनाने वाले भी इससे लाभान्वित होंगे प्रघानमंत्री ने कहा कि इससे समूची स्थानीय अर्थव्यवस्था में नई चेतना का संचार होगा स्थानीय लोगों को उन्हीं की भाषा में संबोधित करने की अपनी अनोखी शैली के अनुसार बनारसी अंदाज में पूर्वांचल के किसानों को धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के प्रकोप के बावजूद किसानों ने अपने खेतों में भरपूर फसल पैदा की है प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी में स्वास्थ्य के क्षेत्र में शानदार कार्य हुआ है वाराणसी न केवल प्रदेश के पूर्वांचल का बल्कि देश में चिकित्सा सुविधाओं का केंद्र बन गया है पिछले छः वर्षो में हए विकास कार्यों का जिक्र करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी के कायाकल्प से प्रवांचल के लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में फायदा मिला है अब उन्हें छोटे मोटे कार्यों के लिए दिल्ली और मुम्बई नहीं जाना पड़ता हाल में बनाए गए कृषि से संबंधित कानूनों का जिक्र करते हए श्री मोदी ने कहा कि इससे किसानों को बिचौलियों से बचाने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्व निधि योजना से रेहड़ी पटरी और फेरी वालों को कोरोना महामारी की मुसीबतों से छुटकारा दिलाने में मदद मिली है प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्पत्ति कार्ड योजना से गांवों में जमीन जायदाद सम्बन्धी कई विवादों का समाधान करने में मदद मिली है कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने इन परियोजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की जानी मानी बास्केट बाल खिलाड़ी प्रशान्ति सिंह से बातचीत करते हुये कहा कि काशी के लोगों को चुनौतियों को अवसर में बदलना है उन्होंने कहा कि सम्पूर्णानन्द स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिये आवास सुविधाओं के विकास से काशी के लोगों और खिलाड़ियों को खेल स्विधायें आसानी से उपलब्ध होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने इन परियोजनाओं को काशी के लोगों को प्रधानमंत्री की ओर से दीपावली से पहले का उपहार बताया उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने अब तक वाराणसी के अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए अट्ठारह हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि इस समय काशी में आठ हजार नौ सौ करोड़ रूपये की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का कार्य चल रहा है भारतीय जनता पार्टी ने आज विघान परिषद की स्नातक और शिक्षक क्षेत्रों की ग्यारह सीटों पर होने वाले चुनाव के लिये पार्टी के नौ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है अवित कुमार सिंह को लखनऊ स्नातक क्षेत्र केदारनाथ सिंह को वाराणसी स्नातक क्षेत्र मानवेन्द्र प्रताप सिंह को आगरा स्नातक क्षेत्र दिनेश क्मार गोयल को मेरठ स्नातक क्षेत्र तथा डॉक्टर योगेश दत्त शर्मा को इलाहाबाद झांसी स्नातक क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया गया है शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिये उमेश द्विवेदी को लखनऊ दिनेश चन्द्र वशिष्ठ को आगरा श्रीचन्द शर्मा को मेरठ और डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लन को बरेली मुरादाबाद क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया गया है विधान परिषद चुनाव में नामांकन दाखिल करने की अन्तिम तिथि बारह नवम्बर है तेरह नवम्बर को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी सत्रह नवम्बर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे एक दिसम्बर को मतदान होगा और तीन दिसम्बर को मतगणना की जायेगी देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर बानबे दशमलव पांच छह प्रतिशत हो गयी है उन्यासी लाख सत्रह हजार तीन सौ तिहत्तर लोग अब तक ठीक हो चुके हैं कोविड रोगियों की संख्या ग्यारह दिन से लगातार छह हजार से नीचे बनी हुई है पिछले चौबीस घंटों में सक्रिय मामलों में दो हजार नौ सौ बानबे की कमी आने से रोगियों की संख्या घटकर पांच लाख नौ हजार छः सौ तिहत्तर रह गई है लगातार दूसरे दिन संक्रमण के मामले पचास हजार के नीचे रहे ठीक होने वालों की संख्या सैंतीसवें दिन भी नये मामलों की तुलना में कम रही देश में संक्रमण की दर घटकर सात दशमलव एक नौ प्रतिशत हो गई है बागपत जिले के रवाला क्षेत्र में दिल्ली सहारनपुर राजमार्ग पर एक कार के अनियंत्रित होकर टकरा जाने से कार में सवार चार लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी घायल कार चालक को इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है दुर्घटना में मरने वाले लोग म्जफ्फरप्र के टेरना गांव से शादी समारोह में सम्मिलित होने के बाद दिल्ली लौट रहे थे